नेपाल के नये नियमों से भारतीय फल और सब्जियों का निर्यात हुआ प्रभावित

बिहार विधानमंडल का बजट सत्र आज से शुरू हो रहा है छब्बीस जुलाई तक चलने वाले सत्र में दोनों सदनों की इक्कीस इक्कीस बैठकें होंगी विपक्ष के कड़े तेवर को देखते हुए सत्र के हंगामेदार होने के आसार हैं राजद के प्रदेश अध्यक्ष रामचंद्र पूर्वे ने कहा है कि सदन में कानून व्यवस्था की स्थिति और मुजफ्फरपुर सहित राज्य के विभिन्न जिलों में एईएस से बच्चों की मौत के मामले को लेकर सरकार को घेरा जायेगा वहीं संसदीय कार्य मंत्री श्रवण कुमार ने कहा है कि सरकार विपक्ष द्वारा लाये गये हर मुद्दे का जवाब देने को तैयार है इधर विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी ने सदन की कार्यवाही को सुचारू रूप से चलाने में सत्तापक्ष और विपक्ष दोनों से सहयोग का अनुरोध किया है विधान परिषद के कार्यकारी सभापति हारूण रशीद ने भी परिषद के संचालन में सभी दलों से सहयोग की अपील की है नेपाल सरकार द्वारा भारतीय फल और सब्जियों पर लागू नये जांच नियमों के कारण भारत से नेपाल को होने वाला निर्यात प्रभावित हुआ है नेपाल ने भारतीय फल और सब्जी के आयात पर नेपाली कोरियंटाइन लैब टेस्ट से एनओसी लेना अनिवार्य कर दिया है रक्सौल स्थित कस्टम चेक पोस्ट के प्रभारी राजकिशोर कुमार ने बताया कि नये नियम लागू होने से भारतीय निर्यातकों की परेशानियां बढ़ गयी हैं हालांकि उन्होंने यह भी बताया कि अब तक की जांच में किसी तरह की ऐसी नकारात्मक रिपोर्ट नहीं पाई गयी है जिस कारण फल और सब्जी की कोई खेप लौटाई गयी हो लेकिन जांच में समय लगने से भारतीय व्यापारियों के सामान खराब हो रहे हैं केंद्रीय उपभोक्ता मामले खाद्य और सार्वजनिक वितरण प्रणाली मंत्री रामविलास पासवान ने कहा है कि सरकार एक राष्ट्र एक राशन कार्ड की योजना बना रही है उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर राशनकार्डो के अंतरण से लाभार्थियों खासकर प्रवासियों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लाभ देश भर में आसानी से मिल सकेगा श्री पासवान नई दिल्ली में खाद्य सुरक्षा मुद्दे पर राज्यों के खाद्य सचिवों और वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक को संबोधित कर रहे थे केन्द्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत इस साल राज्य में आठ लाख आवासों के निर्माण को मंजूरी दी है इसमें से अल्पसंख्यकों के लिए पन्द्रह और दिव्यांगों के लिए पांच प्रतिशत आवास आरक्षित किये गये हैं ग्रामीण विकास विभाग के सचिव अरविंद कुमार चौधरी ने सभी जिलों को पत्र लिखकर प्रखंड और पंचायतवार प्राथमिकता सूची के निर्धारण का निर्देश दिया है प्रदेश में पिछले दो वर्षो में दो हजार करोड़ रूपये आयकर राजस्व की रिकॉर्ड वृद्धि हुई है केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के प्रधान महानिदेशक के सी घुमरिया ने पटना में यह जानकारी दी उन्होंने बताया कि दो साल पहले बिहार में आयकर राजस्व ग्यारह हजार करोड़ रूपये था जो बढ़कर तेरह हजार करोड़ रूपया हो गया है श्री घुमरिया ने बताया कि अभी बिहार में साढ़े पन्द्रह लाख आयकर दाता हैं इस वर्ष पांच लाख नये आयकर दाता बनाने का लक्ष्य रखा गया है अर्थशास्त्र और गणित के पर्चे लीक होने के कारण मगध विश्वविद्यालय के स्नातक प्रथम खंड की आज और कल होने वाली परीक्षा स्थगित कर दी गयी है मगध विश्वविद्यालय के पटना शाखा के प्रभारी अंजनी कुमार घोष ने बताया कि दोनों विषयों की परीक्षा का प्रश्न पत्र वायरल हो गया था जांच में वायरल हुआ प्रश्न पत्र सही पाया गया जिसके बाद परीक्षाओं को स्थगित करने का फैसला किया गया पूर्व मध्य रेल में एक जुलाई से नई समय सारणी के अनुसार ट्रेनों का परिचालन होगा पटना से खुलने वाली कई ट्रेनों के परिचालन समय में बदलाव किया गया है राजेन्द्रनगर से नई दिल्ली जाने वाले सम्पूर्ण क्रांति एक्सप्रेस पटना से शाम छह बजे के बदले शाम छह बजकर दस मिनट पर रवाना होगी वहीं हावड़ा जम्मूतवी एक्सप्रेस सुबह दस बजकर पांच मिनट पर खुलेगी एक जुलाई से ही सात ट्रेनों की रफ्तार भी बढ़ाई गयी है मौसम विभाग ने आज प्रदेश के कई हिस्सों में तेज हवा के साथ मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की है विभाग द्वारा जारी बुलेटिन के अनुसार इस दौरान हवा की रफ्तार तीस से चालीस किलोमीटर प्रति घंटा रहने की सम्भावना है कहीं कहीं बिजली गिरने की भी आशंका जतायी गयी है इधर कल प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में बारिश होने से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है तापमान में औसतन तीन डिग्री तक सेल्सियस की कमी आयी है तापमान और उमस में कमी आने के साथ ही मुजफ्फरपुर में दिमागी बुखार के मामलों में कमी आयी है पिछले चौबीस घंटों के दौरान एसकेएमसीएच में सिर्फ एक बच्चे को भर्ती कराया गया है अभी एसकेएमसीएच में तेईस बच्चों का इलाज चल रहा है जिसमें छह की स्थिति गम्भीर बतायी जाती है हालांकि प्रदेश के अन्य इलाकों में दिमागी बुखार से मरने वालें बच्चों की संख्या लगातार बढ़ रही है नालंदा वैशाली पूर्वी चम्पारण और समस्तीपुर में दिमागी बुखार के लक्षण वाले चार बच्चों की इलाज के दौरान मौत की खबर है इधर दिल्ली से पहुंची विशेषज्ञों की एक टीम ने एसकेएमसीएच में योगदान दे दिया है इस टीम में दस चिकित्सक और पांच पारा मेडिकल कर्मी हैं राज्य निःशक्तता आयुक्त ने बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा ली गयी तिड़सठवीं संयुक्त प्रतियोगिता मुख्य परीक्षा के परिणाम के प्रकाशन पर रोक लगा दी एक मामले की सूनवाई करते हये आयुक्त ने आयोग को आदेश दिया है कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम दो हजार सोलह में संशोधन के बाद ही परिणाम का प्रकाशन किया जाये राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेजों में अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति में भारी अनियमितता का खुलासा हुआ है विज्ञान और प्रावैधिकी विभाग के आधिकारिक सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार कई जगहों पर बिना विज्ञापन निकाले प्राचार्यो ने अपने रिश्तेदारों को नियुक्त कर लिया विभाग ने राजकीय पॉलिटेक्निक गोपालगंज महिला पॉलिटेक्निक मुजफ्फरपुर और महिला पॉलिटेक्निक पटना के प्राचार्यो को इस संबंध में नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण की मांग की है किउल गया रेलखंड पर अपराधियों ने जमुई स्थित कैनरा बैंक के एक अधिकारी की हत्या कर दी मृतक भागलपुर जिले के सुल्तानगंज के मिश्रपुर गांव के रहने वाले थे वहीं सीतामढ़ी जिले के हलीमपुर के पास अपराधियों ने एक बस को रोक कर उस पर सवार एक दवा व्यावसायी की गोली मार कर हत्या कर दी और उनके पास से रूपयों भरा बैग लेकर फरार हो गये सेवा स्थायी करने की मांग को लेकर पिछले दो वर्षों से धरना दे रहे कम्प्यूटर शिक्षकों द्वारा कल पटना में विधानसभा का घेराव करने के क्रम में पूलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया जिसमें कई शिक्षक घायल हो गये सुपौल जिले के अररिया भपटियाही मुख्य मार्ग पर पांडेय पट्टी गांव के पास सड़क हादसे में दो युवकों की मौत हो गई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 हिन्दुस्तान लिखता है भारत की अपील पर स्विट्जरलैंड ने नीरव मोदी और उसकी बहन के दो सौ तेरासी करोड़ रूपये जब्त किये दैनिक जागरण की सुर्खी है सेन्ट्रल जीएसटी के दो अधिकारी रिश्वत लेते गिरफ्तार दैनिक भास्कर ने लिखा है विधानमंडल का मॉनसून सत्र आज से विपक्ष के तेवर तीखे प्रभात खबर लिखता है अमेरिका में बिहार की बच्ची के हत्यारे पिता को उम्रकैद आज और राष्ट्रीय सहारा ने विश्व कप क्रिकेट में भारत की वेस्टइंडीज पर जीत की खबर को पहले पन्ने पर जगह दी है और अब अंत में मुख्य समाचार बिहार विधानमंडल का बजट सत्र आज से हो रहा है शुरू

नेपाल के नये नियमों से भारतीय फल और सब्जियों का निर्यात हुआ प्रभावित